आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है देशभर में आयोजित किये जा रहे कई कार्यक्रम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

वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रतिवर्ष बजट की शुरूआत से लेकर इसकी लॉकइन प्रक्रिया तक पहुंचने के प्रतीक के रूप में परंपरागत रूप से हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है केंद्रीय बजट पहली फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा

इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसदों और आम जनता द्वारा बिना किसी परेशानी के केंद्रीय बजट के डिजिटल सरल स्वरूप तक पहुंच बनाने के लिए यूनियन बजट मोबाइल एप की शुरूआत की

ऐप में मुद्रण सर्च डाउनलोडिंग जैसी सहज विशेषताएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की नियंत्रण रेखा से वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पूरा विश्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परिकल्पना वाले आत्मनिर्भर भारत के सशक्त अवतार को देख रहा है उन्होंने कहा कि भारत की संप्रभुता के सामने जब भी कोई चुनौती आती है तो उसका उचित जवाब दिया जाता है

जिसने आजाद भारत के सपने को नई दिशा दी उन्होंने कहा कि मैं आज कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से इस महापुरुष को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं उन्हें सैल्यूट करता हूं

जिले के उच्च विद्यालय बरहेट में दिन के एक बजे शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड की ओर से किया गया है इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और सासंद विजय कुमार हांसदा भी उपस्थित रहेंगे

यह योजना सभी राज्यों में शुरू की गई है जहां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू है उन्होंने कहा कि पराक्रम दिवस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आयुष्मान सी ए पी एफ योजना कार्यक्रम की शुरूआत करना एक बड़ा शुभ अवसर है श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार सुरक्षा बलों और उनके परिवार के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है इसी लिए सरकार ने उनके लिए आयुष्मान भारत सीएपीएफ योजना की शुरूआत की है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं उन्होंने कहा कि कैशलेस आयुष्मान भारत योजना से लोगों की जिदगी में बदलाव आया है उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे सुरक्षाबल कर्मी अपने परिवारों के साथ एक साल में कम से कम एक सौ दिन गुजार सकें उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय सुरक्षाबलों की कार्य स्थिति बेहतर बनाने के उपाय कर रहा है प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है

कोरोना से अब तक राज्य में एक हजार साठ लोगों की मौत हो चुकी है

उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रमुख डॉक्टर इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं और उन्हें टीके भी लगे हैं

यह दिवस बालिकाओं को समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर देने के लिए मनाया जाता है केन्द्र सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा और बालिकाओं का अनुपात कम होने के मुद्दे पर काफी ध्यान दिया है

श्री मोदी ने कहा था कि समाज को बेहतर बनाने के लिए बालकों और बालिकाओं के बीच बढते संतुलन को कम करने की तत्काल आवश्याकता है

बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम के माध्यम से कन्या भ्रण हत्या बालिकाओं में शिक्षा की कमी और अधिकारों से वंचित रहने के महत्वापूर्ण मुद्दे को उठाया गया है इस कार्यक्रम में बालिकाओं के विरूद्ध वर्षों पुरानी परंपराओं को खत्म करने की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटते हुए कई नवाचार शुरू किये गये हैं देश भर में कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा इस दिवस का उद्देश्य मतदाताओं विशेषकर नये मतदाताओं को प्रोत्साहन और सुविधा देने के साथ साथ अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सुची में उनको नामांकन के लिए प्रेरित करना है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय देश के मतदाताओं को सशक्त सतर्क सुरक्षित और जागरूक बनाना है गिरिडीह में हरेक घर में नल से शुद्ध जलापूर्ति के लिए कार्ययोजना पर तेजी से काम चल रहा है देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोत्तरी की गई है

इस सप्ताह चौथी बार वाहन ईंधन की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है और अब अखबारों की सुर्खियां राज्य में प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख दैनिक अखबारों ने राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए भेजा गया एम्स और कोलकाता में आयोजित नेताजी जयंती समारोह की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है

दैनिक जागरण ने किसान आंदोलन की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है लिखा है गतिरोध खत्म गणतंत्र दिवस पर निकलेगी ट्रैक्टर परेड दैनिक भास्कर की सुर्खी है बहत्तर के लालू प्रसाद यादव को पहले से ही चौदह रोग निमोनिया से चिंता बढ़ी एयर एम्बुलेंस से भेजे गए एम्स दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है शिक्षा विभाग में तीन हजार क्लर्को की होगी बहाली झारखंड के शिक्षा विभाग ने की नियुक्ति की तैयारी रांची एक्सप्रेस ने कोलकाता में एक मंच पर नजर आये नरेन्द्र मोदी और ममता बनर्जी प्रधानमंत्री ने कहा बंगाल आगे आए देश का गौरव बढ़ाये इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है अंग्रेजी अखबार द टाईम्स ऑफ इंडिया ने भी किसान आंदोलन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनायी है लिखा है गणतंत्र दिवस के मौके पर निकलेगी किसानों की ट्रैक्टर रैली